इन जवानों ने पिछले वर्ष हमले में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था लेथपोरा में सी आर पी एफ परिसर में पुष्पचक्र समारोह में महाराष्ट्र के उमेश गोपीनाथ जाधव विशेष अतिथि थे जाधव ने चालीस जवानों के परिवारों से मिलने के लिए महाराष्ट्र से देशभर में इकसठ हजार किलोमीटर लंबी यात्रा की थी और शहीदों के घरों तथा उनके अंतिम संस्कार स्थल से मिटटी एकत्र की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल ने आज तमिल असमिया और डोगरी भाषा में आकाशवाणी समाचार वेबसाईट का शुभारंभ किया नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन स्थित रंग भवन में आकाशवाणी क्षेत्रीय समाचार इकाईयों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इन वेबसाइटों की शुरुआत की गई श्री मित्तल ने बेहतर समन्वय और कार्य कुशलता के लिए श्रोताओं विज्ञापन दाताओं और विभिन्न क्षेत्रीय समाचार एकांशों के साथ संपर्क बढ़ाने का सुझाव दिया आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी समाचार विश्वसनीता के लिए लोकप्रिय है और यह सूचना के प्रचार में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं श्रीमती ईरा जोशी ने बताया कि आकाशवाणी समाचार चौबीसों घंटे का एफ एम समाचार चैनल आरंभ करने की प्रक्रिया में है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज ईस्ट सियांग जिले में स्थित राज्य के पहले सैनिक स्कूल का दौरा किया राज्यपाल ने स्कूल के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया राज्यपाल ने सैनिक स्कूल परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया और छात्रों का उत्साह बढ़ाया इस अवसर पर क्वीज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार शिक्षा सचिव निहारिका राय विधायक निनोंग ईरिंग जिला उपायुक्त किन्नी सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह मौजूद थे मुख्यमंत्री पेमा खांडू केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्री किरेन रिजिजू राज्य के पर्यटन मंत्री नाकप नालो और कृषि मंत्री तागे ताकी ने कल अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा विधानसभा क्षेत्र के कोदक गाँव में एक जनसभा को संबोधित किया इस अवसर पर विधायक न्यातो रिगिया रोदे बुई और तानिया सोकी मौजूद थे अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विकास को गति देने के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में बढ़ोत्तरी की वकालत करते हुए कहा कि भूमि मुआवजे के मुद्दों के चलते अपर सुबनसिरी जिले में सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब हो रहा है मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से विकास परियोजनाओं में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा स्वास्थ्य कृषि और ब्रनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को प्रारदर्शिता के साथ लागू करने को कहा

इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार कुलपति डॉ साकेत कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी उपस्थित थे

वहीं शिक्षक द्वारा छात्रों से विषय से संबंधित पूछे गए सवालों का उत्तर दिये गए बाद में मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत करते हुए उनसे पढ़ाई के साथ साथ अन्य रचनात्मक कार्यों में भी भाग लेने की सलाह दी

उन्होंने वायु सेना और थल सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ पूर्वोत्तर में आपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की गौरतलब है कि मेचुका और तुतिंग ए एल जी का चीन से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैनिको की तैनाती और राज्य के दूरदराज के हलाकों के लोगों को प्रशासनिक सतिधा पडंचाने में महत्वपूर्ण रोगदान है